श्री मोदी ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों के साथ वर्घ्अल बैठक के दौरान यह बात कही प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जिस तरह कोविड से लड़ाई में प्रत्येक जान बचाने पर ध्यान दिया गया उसी तरह यह स्निश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले यह बैठक कोविड से निपटने और प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी इस दौरान कोविड से प्रभावित आठ प्रम्ख राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया ये राज्य हैं हरियाणा दिल्ली छत्तीसगढ़ केरल महाराष्ट्र राजस्थान ग्जरात और पश्चिम बंगाल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है अतिरिक्त शीत भंडारण स्विधाओं की आवश्यकता के बारे में भी राज्यों के साथ चर्चा की गई है

राज्य में कोविड के एक हजार चार सक्रिय मामले हैं और पंद्रह हजार इक्यानवे व्यक्ति स्वस्थ हो च्के हैं राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग जिले से ग्यारह ईस्ट सियांग से दस ईटानगर राजधानी क्षेत्र से आठ अपर सियांग से छह चांगलांग लेपारादा नामसाई तवांग तिरप और लोंगडिंग जिले से दो दो वेस्ट सियांग लोअर सियांग अंजाव लोअर दिवांग वैली और पाक्के केसांग जिले से एक एक मामले शामिल हैं राज्य में कोविड रिकवरी दर तिरानवे दशमलव चार सात प्रतिशत है

खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की सम्प्रभ्ता और अखंडता रक्षा और स्रक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन रैप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है

तिरप जिले के खोंसा स्थित नोक्ते टेंपल में बड़ी संख्या में जनजाति के लोगों ने उत्सव मनाया और एक द्रसरे को श्भकामनाएं दी राज्यपाल बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को चाळो लोक् त्योहार की श्भकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह सामाजिक धार्मिक त्योहार प्रदेश के लोगों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने भरपूर फसल की कामना करते हए लोगों से अपनी पंरपराओं से जुड़े रहने की अपील की है उन्होंने राज्य के लोगों से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहार मनाने की भी अपील की है